कारखाने का मालिक गिरफ्तार प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने जताया शोक सागर में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त दर्शन सम्मेलन शुरू देश विदेश के विद्वानों ने आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर की चर्चा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अखिल भारतीय खेलकृद प्रतियोगिता कल से भोपाल में साढ़े चार हजार खिलाड़ी लेंगे भाग

घटना में घायल हुए लोगों को दिल्ली को विभिन्न अस्पतालो में भर्ती कराया गया है वहीं पुलिस फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दिये हैं उधर केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मृतकों के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख जबकि गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रुपये देने की घोषणा की है

समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड़डी और नित्यानंद राय भी मौजूद थे इसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों ने भाग लिया सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया था एकात्मता मंथन सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज से अद्वैत वेदांत दर्शन पर केंद्रित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस का शभारंभ हआ श्रंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ स्वामी विधुशेखरा भारती सन्निधानम और स्वामी अवधेशानद गिरि ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये इसका उदघाटन किया वैश्विक एकात्मकता के मंथन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश से आये विद्वानों ने आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन के महत्व पर व्याख्यान दिए इस अवसर पर स्वामी परमानंद गिरि ने कहा कि निस्वार्थ सेवा ही भलाई है वर्तमान में विज्ञान वरदान के साथ अभिशाप भी बना हुआ है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को आत्मसात कर मानव नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकता है कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भौतिकता की अग्नि में जलने वाले सम्पूर्ण विश्व को भारतीय पुरातन दर्शन ही शांति दे सकता है इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह और कुलपति आर पी तिवारी मौजूद थे मंथन के आधार पर तैयार अमृत पत्र को वैश्विक एकात्मकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को सौंपा जाएगा

तबादला राज्य सरकार ने आज इन्दौर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर का तबादला कर दिया उन्हें एडीजीपी के रूप में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है वहीं साइबर काइम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मिलिन्द कानस्कर को वर्तमान दायित्वों के साथ इंदौर जोन में एडीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

कार्यकम का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुण्डा विशेष अतिर्थि के रूप में मौजूद रहेगें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

आयोग ने कल घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए थे और चारों आरोपियों के शवों का निरीक्षण भी किया था राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुठभेड में मारे गये चारों आरोपियों के शव महबूबनगर सरकारी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गये हैं इस सिलसिले में दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी

आगर मालवा में इस माह साहित्य वितरण और ग्राम संपर्क अभियान चलेगा

सम्मेलन में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए